कोरोना सघन अभियान प्रदेश के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने और इस संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने राज्य के सभी शहरी और ग्रामीण इलाकों में सघन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है इसके तहत ऐसे मरीजों की पहचान की जा रही है जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण जैसे सर्दी बुखार सांस लेने में तकलीफ और थकान जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं यह बारह अक्टूबर तक चलाया जाएगा अभियान के पहले दिन कल करीब सात लाख घरों से जानकारी इकट्ठा की गई स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने लोगों से अपील की है कि सर्वेक्षण के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को सही जानकारी दें इस सघन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान के तहत अब तक अस्सी हजार से अधिक घरों में सर्वे किया जा चुका है अभियान के दौरान मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर कोविड नाइंटीन के संभावित मरीजों की जानकारी जुटा रहे हैं

इसके तहत अलग अलग जिलों में वहां की स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इसी कड़ी में महासमुंद जिले में लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए हांका अभियान चलाया जा रहा है इसके तहत छत्तीसगढ़ी और हिन्दी में पहले से रिकॉर्ड की गई अपील को ध्वनि विस्तारक यंत्र को माध्यम से बस्तियों और मोहल्लों में सुनाया जा रहा है इस अपील के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियों की जानकारी भी दी जा रही है वहीं जांजगीर चांपा के पंतोरा गांव में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है इस संबंध में गांव की सरपंच रुपा मिर्झा ने बताया कि पंचायत पदाधिकारी घर घर जाकर लोगों को पाम्फलेट और ब्रोशर के जरिये कोरोना के बचाव की जानकारी दे रहे हैं इसके साथ ही मास्क पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर आपसी दूरी बनाए रखने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है उधर धमतरी जिले में भी आज जागरूकता अभियान चलाया गया इसके तहत जनपद पंचायत के सीईओ अमित दुबे और रेडक्रॉस सोसायटी के जिला संगठक प्रदीप कुमार साहू सहित अन्य सदस्यों ने ग्रामीणों से कहा कि कोरोना से डरने की बजाय इससे सावधान रहने की जरूरत है इस अभियान में ग्राम पंचायतों के सरपंच और पंच भी शामिल हुए

वहीं रायपुर जिले में कोरोना के प्रति जागरूकता अभियान के तहत लोगों से सावधानियां बरतने की शपथ से संबंधित ऑनलाइन गूगल फॉर्म भरवाया जा रहा है इसके साथ ही हारेगा कोरोना जीतेगा रायपुर के बैनर के साथ फेसबुक उपयोगकर्ता अपनी फोटो भी अपलोड कर इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं इस फोटों में मास्क को धारण किया जाना अनिवार्य है स्कूल दिशा निर्देश केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल फिर से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी कर दी हैं

केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को अपने प्रदेश की स्थिति के अनुसार स्कूल खोलने या नहीं खोलने का अधिकार दे दिया है केन्द्र सरकार का निर्देश प्राप्त होने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि प्रदेश में फिलहाल पन्द्रह अक्टूबर से स्कूल नहीं खोले जाएंगे स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है कि सभी स्कूल प्रमुखों और अभिभावकों से सहमति लेने के बाद ही यह तय किया जाएगा कि प्रदेश में स्कूल खोला जाए या नहीं उन्होंने कहा कि स्कूल खुलने के बाद भी पालकों की सहमति और विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी इस बीच केन्द्र सरकार ने कोचिंग संस्थानों को भी खोलने की अनुमति दे दी है इसके लिए सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं इस संबंध में राज्यों को अधिकार दिए गए हैं कि वे अपने स्तर पर चर्चा कर स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोलने का निर्णय स्वयं ले सकते हैं वहीं देशभर के सिनेमा हॉल भी आगामी पन्द्रह अक्टूबर से दोबारा शुरू हो जाएंगे आज नई दिल्ली में पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा पहले से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सिनेमा हॉल में कुल क्षमता के आधी सीटों पर ही दर्शकों को प्रवेश दिया जाएगा उन्होंने कहा कि सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करते हुए दो कुर्सियों से बीच में जगह भी छोड़ी जाएगी सिनेमा हॉल में फेस मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा संविदा स्वास्थ्यकर्मी प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोनो संक्रमण को देखते हुए आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तेरह सौ अटहत्तर संविदा स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति की अनुमति दे दी है ये नियुक्तियां सभी जिलों में वहां के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आवश्यकता के आधार पर की जाएगी वहीं वर्तमान में कार्य कर रहे एक हजार छह सौ चौंतीस संविदा स्वास्थ्यकर्मियों की सेवा अवधि अगले तीन महीने तक बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी गई है इनमें स्टॉफ नर्स लैब टेक्नीशियन वार्ड बॉय डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और स्वच्छताकर्मी जैसे पद शामिल हैं

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए कुछ समय पहले शुरू किए गए मोर बिजली ऐप के नये संस्करण का आज लोकार्पण किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां बिजली संबंधी विभिन्न सेवाएं मोबाइल ऐप पर उपलब्ध हैं उन्होंने कहा कि इससे आम उपभोक्ताओं को बड़ी सुविधा होगी और वे बिजली आपूर्ति संबंधी शिकायतों का समाधान भी मोबाइल ऐप को जरिये ही प्राप्त कर सकेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मोबाइल ऐप के शुरू हो जाने से उपभोक्ताओं को अब बिजली दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी इससे श्रम समय और पैसे की बचत होगी बिजली बिल सहित विभिन्न सुविधाओं का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को अपने मोबाइल फोन पर यह ऐप डाउनलोड करना होगा इस ऐप के जरिए सोलह से अधिक प्रकार के विद्युत संबंधी कार्यो का संपादन किसी भी समय किया जा सकता है इनमें मीटर धारक का नाम या स्थान परिवर्तन नया कनेक्शन या पुराने कनेक्शन में भार वृद्धि जैसी सुविधाएं शामिल हैं मुख्यमंत्री ने आज अपने निवास कार्यालय से गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश के करीब नब्बे हजार गौ पालकों और गोबर विक्रेताओं को पांचवीं किस्त के रूप में लगभग साढ़े आठ करोड़ रूपये की राशि का ऑनलाइन भुगतान भी किया यह राशि संबंधित लोगों के खातों में सीधे जमा की गई है इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गौठानों में तैयार की गई वर्मी कम्पोस्ट को गोधन वर्मी कम्पोस्ट के नाम से भी लॉन्च किया श्री बघेल ने कहा कि इस वर्मी कम्पोस्ट के पैकेजिंग का कार्य हर जिले में महिला स्व सहायता समूहों को सौंपा जाए आत्मानंद जयंती समारोह स्वामी आत्मानंद की जयंती के मौके पर दुर्ग जिले के पाटन तहसील मुख्यालय में आज एक समारोह का आयोजन किया गया इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि स्वामी आत्मानंद ने पीड़ित मानवता की सेवा का संदेश दिया उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही धरसा विकास योजना शुरू की जाएगी इसके तहत गांवों में धरसा के कच्चे रास्ते को पक्का किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में इंग्लिश मीडियम स्कूलों का संचालन स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के तहत किया जाएगा इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरगुजा जिले को करीब डेढ़ सौ करोड़ रूपये के विकास और निर्माण कार्यों का ई लोकार्पण और शिलान्यास किया कृषि मंत्री उद्यानिकी विवि दुर्ग जिले के सांकरा में हाल ही में शुरू किए गए महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय में इसी सत्र से स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश शुरू कर दिया जाएगा इस नए विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्नातक महाविद्यालयों की स्थापना भी जल्द की जाएगी कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि कृषि और कामधेनु विश्वविद्यालय के अंतर्गत बैकलॉग के खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए श्री चौबे ने आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और कामधेन् विश्वविद्यालय दुर्ग के कुलपतियों तथा महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी की बैठक लेकर प्रदेश में कृषि और उद्यानिकी के क्षेत्र में अनुसंधान सहित अन्य विषयों पर चर्चा की उन्होंने उद्यानिकी विश्वविद्यालय की गतिविधियों को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए राज्य के सभी जिलों में उद्यानिकी विभाग की नर्सरियों को विश्वविद्यालय से जोड़ने के निर्देश दिए किसान आत्महत्या जांच समिति दुर्ग जिले के मातरोडीह गांव में एक युवा किसान की आत्महत्या को लेकर प्रदेश भाजपा ने पार्टी विधायकों की एक जांच समिति बनाने की घोषणा की है नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने बताया कि विधायक शिवरतन शर्मा इस जांच समिति के अध्यक्ष होंगे वहीं दो अन्य विधायक नारायण चंदेल और विद्यारतन भसीन समिति के सदस्य होंगे इस बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने किसान की आत्महत्या को लेकर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है अपने बयान में उन्होंने कहा है कि इस घटना से राज्य सरकार की कमजोरी उजागर हुई है श्री अग्रवाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में किसानों की खेती संबंधी जरूरतों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है इस बीच भाजपा ने धान खरीदी सहित किसानों की अन्य मांगों को लेकर कल सात अक्टूबर को प्रदेशभर में ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की है इस प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न इलाकों में संबंधित एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा इस बीच द्र्ग जिले में कृषि विभाग ने कार्रवाई करते हुए दुर्ग और उतई में तीन कीटनाशक दुकानों को सील कर दिया है कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार ये वहीं दुकानें हैं जहां से कथित रूप से आत्महत्या करने वाले युवा किसान ने कीटनाशक दवाइयां ली थीं मौसम दक्षिण तटीय ओडिशा के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है इसके साथ ही ओडिशा से बिहार तक एक द्रोणिका भी सक्रिय है इसके असर से कल छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है वहीं राज्य के दक्षिणी हिस्से में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी भी दी गई है इस बीच राजनांदगांव जिले में आज चिचौला इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से दो मछुवारों की मौत हो गई वहीं करीब तेरह लोग झुलस गए यह बिजली आज सुबह लालमाटी इलाके के पास गिरी